इस दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाम दिलवाये जायेंगे साथ ही बड़े पैमाने पर विकास कार्यो की शुरूआत और लोकार्पण होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में समाधान ऑनलाइन कार्यकम में अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य एजेण्डा विकास और जनता का कल्याण है इसीलिये योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए तेजी से प्रयास किये जाये मुख्यमंत्री ने चना मसूर और सरसों के समर्थन मूल्य पर खरीदी के कार्य को पूरी दक्षता और कुशलता से पूरा करने के निर्देश भी दिये उन्होंने कहा कि किसानों को भूगतान में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए श्री चौहान ने ग्राम स्वराज के अंतर्गत पांच मई को सभी विकासखंड़ों में स्वसहायता समूहों के सम्मेलन करने के निर्देश भी दिये उन्होंने असंगठित श्रमिक कल्याण योजना के तहत श्रमिकों को जल्द ही योजनाओं का लाभ दिये जाने को कहा है चुनाव प्रबंध समिति भाजपा की नवगठित चुनाव प्रबंघ समिति की बैठक कल भोपाल में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई

इस दौरान हितग्राही सम्मेलनों का आयोजन भी किया जायेगा साथ ही में चार मई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभित शाह के भोपाल आगमन के दौरान होने वाले प्रदेश स्तरीय सम्मेलन की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा सहित समिति के अन्य सदस्य भी इस बैठक में मौजूद थे नई दरें राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने प्रदेश में कृषि उपज मंडियों में हम्माली तुलाई और अन्य दरें तय कर दी है

तालाब गहरीकरण शिवपुरी में इस समय जल संरक्षण के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत शहर के भुजरिया तालाब के गहरीकरण का काम चल रहा है इसमें प्रतिदिन लोग श्रमदान कर रहे हैं आईटीबीपी जवानों ने कल श्रमदान कर तालाब की साफ सफाई की इसके अलावा प्रतिदिन आमजन श्रमदान करने के लिए आ रहे हैं इस अभियान में जिले के आठों ब्लॉकों में नदियों और तालाबों के संरक्षण के लिए काम चल रहा है और लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है

छात्रों की इस उपलब्धि पर जिले के कलेक्टर और एसपी ने बधाई दी है

वाहन आग भिण्ड में अज्ञात बदमाश ने कल पुलिस कॉलोनी में एक दर्जन से अधिक वाहनों में आग लगा दी शहर कोतवाली पुलिस ने दो अलग अलग लोगों की फरियाद पर अज्ञात बदमाश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है

पुलिस बदमाश की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है मौसम प्रदेश में कहीं कहीं आंधी और हल्की बारिश खबरें हैं बावजूद इसके अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित है मौसम केन्द्र ने आज मंडला बालाघाट डिंडौरी छिंदवाड़ा सिवनी अनूपपुर जबलपुर कटनी और उमरिया जिलों में गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी दी है